श्री चौहान ने भोपाल स्थित अपने निवास पर संवाददाताओं से चर्चा में इस सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के कार्यो की जमकर सराहना की उन्होंने कहा कि श्री मोदी जिस समर्थन के साथ आगे बढ़ रहे हैं वह देश के लिए वरदान सिद्ध हो रहा है चुनाव समिति लोकसभा और विघानसभा समेत विभिन्न चुनाव एकसाथ कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने एक समिति का गठन किया है जो तीन चार महीनों में विभिन्न लोगों और विशेषज्ञों से चर्चा करके रिपोर्ट पेश करेगी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में पत्रकारों से चर्चा के दौरान बताया कि संसदीय कार्य और जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा इसके सभापति होंगे इसमें वरिष्ठ पत्रकार महेश श्रीवास्तव और गिरिजाशंकर के अलावा भाजपा नेता विष्णुदत्त शर्मा तपन भौमिक पूर्व नौकरशाह एम एम उपाध्याय और वरिष्ठ अधिकारी श्रीमती वीरा राणा सदस्य होंगे समिति लोकसभा और विधानसभा के अलावा राज्य स्तर पर होने वाले विभिन्न चुनावों को एकसाथ कराने के संबंध में विशेषज्ञों और अन्य लोगों से चर्चा कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी

भारतीय जनता पार्टी इसे पूरे प्रदेश में सेवा दिवस के रूप में मनाएगी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नंदकमार सिंह चौहान ने कहा कि अपने सेवा काल में मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने समाज के हर घटक वर्ग समुदाय को अपने सेवा कार्यों से प्रभावित करते हुए राहत प्रदान की है

इस दौरान रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे उन्होंने कहा कि कल शहरी क्षेत्र तहसील मुख्यालय एवं मंडल स्तर पर स्वच्छता अभियान आयोजित कर स्वच्छता में सभी की भागीदारी की अपेक्षा की जायेगी इस दौरान कन्या पूजन सुन्दरकांड कन्यामोज प्रसाद वितरण के कार्यक्रम भी रखे गये है हाईस्कूल परीक्षा मध्यप्रदेश शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा आयोजित हाईस्कूल की परीक्षा कल से शुरू हो रही हैं

इन केंद्रों पर एक एक प्रेक्षक की नियुक्ति की गई है

इस बार मुख्यमंत्री ने नागरिकों से प्रदेश के विकास के लिये सुझाव मांगे हैं

प्रमुख सचिव किसान कल्याण एवं कृषि विकास डॉ राजेश राजौरा ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि रबी सीजन में भावान्तर भुगतान योजना में फसलों की पंजीयन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाएं मौसम राजधानी भोपाल सहित पूरे प्रदेश में होलिका दहन के बाद सर्दी की विदाई लगभग हो चुकी है प्रदेश के अधिकांश इलाकों के तापमान में अब धीरे धीरे बढ़ोत्तरी होने लगी है भोपाल सहित राज्य के अन्य हिस्सों में कल तेज धूप के चलते तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है

इसमें सात वर्षीय बालक की मौत हो गयी